इनमें बांग्लादेश म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड भूटान और नेपाल है शंघाई सहयोग संगठन के मौजूदा अध्यक्ष किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है

जेटली स्वास्थ्य सरकार ने केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली की सेहत को लेकर चल रही खबरों को आधारहीन और अफवाह करार दिया है सरकार के प्रवक्ता और पीआईबी के प्रमुख महनिदेशक सितांशु कर ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि मीडिया को भी इस तरह की अफवाहों से बचना चाहिये

उन्होंने भोपाल में रबी उपार्जन समीक्षा के दौरान बैंकों में लम्बित राशि जल्द से जल्द किसानों के खातों में जमा करने के निर्देश दिये

इसमें राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश समकालीन पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर अपनी बात रखेंगे वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओमप्रकाश रावत चुनाव और मीडिया साख का सवाल विषय पर व्याख्यान देंगे

इस अवसर पर डॉक्टर मंगला अनुजा के शोधग्रंथ आधी दुनिया की पूरी पत्रकारिता का विमोचन भी किया जायेगा मुख्यमंत्री विवाह शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत जून माह में सभी जनपद पंचायतों में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इसके लिये जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सर्वे कर जोड़ों को चिन्हित कर उनके प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिये हैं जिससे योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिया जा सके रमजान पवित्र रमजान माह शुरू होने के बाद से ही प्रदेश के बाजारों में रौनक बढ़ गई है खाद्य सामग्री कपड़े और अन्य सामग्रियों की बिक्री बढ़ने से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है

रमजान माह में मुस्लिम समुदाय एक माह रोजे रखकर खुदा की इबादत करते हैं मीठी ईद पर सिवाईयों और शीरकोरमा को लेकर बाजार में मेवे और किराने की दुकान सजने लगी है बुरहानपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी दिन भर रोज़े के बाद अफ़्तार के समय बाजारों में रौनक बढ़ जाती है क्रिकेट आईसीसी क्रिकेट विश्वकप के अपने दूसरे और आखिरी अभ्यास मैच में भारतीय टीम आज बंगलादेश के साथ खेलेगी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे शुरू होगा भारतीय टीम पहले अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड से छह विकेट से हार गई थी

एक दिवसीय रैकिंग में भारतीय टीम दूसरे नम्बर पर है

इस साल दस हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि में प्याज की पैदावार बताई गई है

राज्यस्तरीय कार्यक्रम भोपाल के रवीन्द्र भवन में हो रहा है

इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार